प्रधानमंत्री पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा है

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघु उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को लेकर व्यापक बहस हो रही है

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये साल उपलब्धियों भरा रहा है जिसमें एक मजबूत जीवंत ऊर्जावान और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक द्रदर्शिता और मजबूत नेतत्व के कारण ही आज देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से प्रभावी ढंग से निपट रहा है

भाजपा प्रदेश भाजपा ने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर बधाई देते हए इसे प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण वर्ष कहा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने शासन की गति सरकारी योजनाओं की अतिंम व्यक्ति तक पहुंच और मजबूत बुनियादी ढ़ाचे सहित दशकों से लटके मुददों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से देश निश्चित तौर पर कोरोना जैसे कठिन समय से बाहर आएगा वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक अभूतपूर्व और शानदार बताते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विश्व गुरू बनकर उभरा है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल सुधारों और उपलब्धियों भरा रहा है उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनमें से कई फैसले ऐसे हैं जो पिछले सत्तर सालों में राजनैतिक अस्थितरता इच्छा शक्ति की कमी या तुष्टिकरण की राजनीति को देखते हए नहीं लिए गए थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक नारा नहीं बल्कि दृष्टिकोण है जिसका मूल मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाना है अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते दो सप्ताह में हमने दो दशकों से अधिक के सुधार किए हैं उन्होंने देश को सशक्त समर्थ व निर्णायक सरकार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को पूरी तरह विफलता भरा करार दिया

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से बड़े बड़े वादे किए लेकिन जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरा नहीं उतर पाई राठौर ने कहा कि देश का समाज आज विघटन की ओर जा रहा है उन्होंने कहा कि लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय है गाईडलाइंस केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्व तरीके से खोलने की योजना है एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा वहीं स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है होटल धार्मिक स्थल और सैलून खोलने के बारे में निर्णय भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है विदेश यात्रा सिनेमा हाल जिम मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन सौ एक हो गई है

कोरोना जीत इस बीच कुल्लू जिला आज कोरोना मुक्त हो गया है जिले में कोरोना संकमण का एकमात्र पॉजीटिव मामला सामने आया था जिसकी दूसरी रिर्पोट अब नेगेटिव आई है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना की जंग जीतने पर युवक की हौसला अफजाई के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और कहा कि वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा जिला आयुर्वेदिक अस्पताल से छुट्टी मिलने पर कोरोना को हराने वाले इस युवा को फूलों और तालियों के साथ विदा किया गया

इसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

मनेपा ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए लोगों को बस सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी

नमस्कार